इससे संक्रमण से होने वाली मौतों में भी कमी आई है जांच में तेजी लाए जाने से संक्रमण के नये मामलों में भी कमी आई है और ये अब घटकर चार प्रतिशत रह गए हैं

उधर शिवपुरी जिले में कोरोनावायरस के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए रोको टोको अभियान में सहकारी संस्थाओं पर कोरोना से सावधानी के लिए शपथ दिलाई गई इसी तरह यहां में आज किराना व्यापार संघ ने बाजार में रोको टोको अभियान चलाया

प्रीमियम पेट्रोल केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कल देश में विकसित हए पहले सौ ओकटेन प्रीमियम पेट्रोल का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उदघाटन किया इसे केन्द्र सरकार द्वारा नागरिकों को आसान जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में एक और कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण अनुकूल ईंधन उपलब्ध होगा सीएम नडडा मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा से सौजन्य भेंट की मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री नड्डा को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप की प्रति सौंपी और प्रदेश के विकास में किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा दिया

प्रार्थना सभा में दिवंगत गैस पीडितों को श्रद्वांजलि अर्पित की जायेगी और उनकी स्मृति में दो मिनिट का मौन भी रखा जाएगा श्रद्दांजलि सभा में कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के भी निर्देश दिये गये हैं

इनमें से तीन गाड़ियां जबलपुर से तथा एक गाड़ी रीवा से शुरू होगी

इस दौरान लोगों को एड्स रोग से बचाव के लिये जागरूक किया जा रहा है

इस बुलेटिन के अंत मे एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी